प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार

भदोही जिले में एक क़ालीन कारख़ाने में कल हुए विस्फोट में ग्यारह लोगों की मौत

कल राजस्थान के टॉक में एक जनसमा में उन्हॉने कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है न कि कश्मीरियों के खिलाफ प्रघानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के कारण कश्मीर ने बहुत कष्ट झेला है उन्होंने कहा कि हरेक कश्मीरी की सुरक्षा देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में मेरा कस्मीर का लाल उसकी हिफाजत करना मेरे हिन्दुस्तान के हर नागरिक का काम है हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है मानवता के दुश्मन जो हैं उनके खिलाफ है और मैं कश्मीर के मेरे भाईवों बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं

तीन जिलों में कुछ मुद्वीमर लोगों की पनाह से ये खेल चलता रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के अधिकांश देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पुलवामा आतंकी हमले के मामले के बाद भारत के साथ खडे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश में शांति तब तक संमव नहीं है जब तक आतंकवाद का कारखाना नेस्तनावृद नहीं कर दिया जाता उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ समूचे विश्व में व्यापक अभियान छेड़ा गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार को मालूम है कि आतंकवाद को किस तरह समाप्त करना है आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजब्रती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाईयों और बहनों पुलवामा हमते के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है देश में रहते हुए अलगावाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कृषि और किसानों के विकास में सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री शाह ने कल लखनऊ में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारों ने राज्य में सहकारी क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों को जो फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को मजबूत करने के लिये गुजरात और महाराष्ट्र के सहकारिता मॉडल को अपनाना चाहिये

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नये भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सहकारिता के ज़रिये कई कार्यक्रमों को प्रमावी और बेहतर ढंग से संवालित करने में मदद मिल सकती है श्री योगी ने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों और उनकी समस्याओं के समाचान के लिये कई कार्यक्रम शुरू किये हैं जिससे उन्हें लाय हो रहा है उधर श्री शाह ने कल गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से प्रत्येक वर्ष में देश के तेरह करोड से अधिक किसानों को फायदा होगा इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दो हज़ार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने के लिये कई योजनाए संचालित की हैं श्री शाह ने कहा कि देश के किसानों की दयनीय हालत के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के ंयू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट आल इण्डिया रेडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी इसे सुना जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति श्री कोविंद लखनऊ में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे राष्ट्रपति श्री कोविंद कल कानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जबकि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित दो दिवसीय किसान सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा दो हजार उन्नीस बीस के अंतरिम बजट में की गई थी इस योजना के तहत दो हेक्टेयर जोत वाले लघु और सीमांत किसानों को छह हजार रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है इस योजना का लाम समी पात्र किसानों को एक दिसंबर दो हजार अट्ठारह से मिलेगा प्रधानमंत्री इस अवसर पर गोरखपुर में नौ हजार करोड़ से ज्यादा लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे वह बंद हो चुकी पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों का लोकार्पण करने के साथ ही गोरखपुर एम्स गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी इमारत और गोरखनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो सहित कई अन्य योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री गोरखपुर आजमगढ़ एक्सप्रेस वे गोरखपुर कांदला एलपीजी पाइप लाइन और गोरखपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड सहित कई अन्य योजनाओँ की आघारशिला रखेंगे

बाद में प्रधानमंत्री प्रयागराज जायेंगे जहां वह प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में कूंभ में अथक रूप से काम कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे इसके अलावा श्री मोदी स्वच्छता स्वयं सेवकों संतो और छात्र स्वयं सेवकों को भी संबोधित करेंगे प्रवानमंत्री सरस्वती कृप और अक्षयवट का दर्शन भी करेंगे अक्षयवट लगभग साढ़े चार सौ वर्षो के अन्तराल के बाद जनता के लिये खोला गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसान सम्मान योजना का शुभारम्म आज गोरखपुर से किया जायेगा इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आकाशवाणी गोरखपुर द्वारा दिन में बारह बजे से राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा आकाशवाणी के सभी प्रायमरी और एफ एम चैनल इसका प्रसारण करेंगे इस बात की जानकारी आकाशवाणी गोरखप्र की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन रहा है कृष्म मेले के सिलसिले में भारत आये एक सौ नबे देशों के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में सम्बोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृम्म भेला संस्कृति और अध्यात्म का केन्द्र बिन्द् है कुंम का मेला कितनी बड़ी विरासत है ये सारे देश के और दुनिया के तीर्थपात्री वहां पहुंचते हैं ये समागम एक प्रकार से स्प्रीचवल इंस्प्रीनेशन के लिए तो है ही है लेकिन ये सोशल रिफॉरमेशन मूवमेंट का एक हिस्सा है भदोही ज़िले में कल एक विस्फोट में ग्यारह लोगों की मौत हो गई है यह हादसा जिले के चौरी इलाके में कल दोपहर उस समय हुआ जब कालीन कारखाने की एक इमारत शक्तिशाली धमाके के बाद पूरी तरह ढह गयी भवन के मलबे में कई लोगों के फंसे होने को आशंका है एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई हैं विन्यांवल परिक्षेत्र के डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है साथ ही फोरेंसिक टीमों को विस्फोट की जांच के लिये बला लिया गया है